राज्य के कई क्षेत्रों में हुई तेज और हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान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

युवा मामले और खेल विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं

कल तीन जिलों दौसा धौलपुर और करौली में एक भी नया मामला सामने नहीं आया

तीनों मरीज एक ही परिवार के हैं और सादुलशहर के रहने वाले हैं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

कल भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा और वन सेवा के कई अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं

सचिव जिला कलेक्टर पुलिस महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षकों के भी तबादले हुए हैं

इसके तहत आयोग जिलों में पहंचकर सुनवाई करेगा इसकी शुरूआत अलवर जिले से होगी प्रत्येक जिले में बाल गृहों आंगनबाड़ी केंद्रों विद्यालय और पुलिस थानों का औचक निरीक्षण कर बालक बालिकाओं से बातचीत कर उनके विचार जाने जाएंगे आयोग की कल हुई फुल कमीशन की बैठक में यह निर्णय किया गया

कल उनसे मिलने आए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने उन्हें प्रदेश में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी दी इस बीच अजमेर जिले में भी पक्षियों की मौत के संबन्ध में वन विभाग अलर्ट मोड़ पर है अजमेर में लगातार कई कौओं की मौत की सूचना है वन विभाग के सहायक वन संरक्षक नरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि झालावाड़ बारां नागौर जोधपुर और पाली जिलों में पक्षियों की मौतों की सूचना के बाद अजमेर वन मण्डल जिले में भी सतर्कता बरत रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार नागरिकों को बिना किसी परेशानी और उनके अनुकूल सेवा देने के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है

इधर प्रतापगढ़ में भी तेज बरसात के बाद ठंडी हवाए चलने से जन जीवन प्रभावित हुआ है

सीकर में भी कल बारिश का दौर जारी रहा हमारे संवाददाता का कहना है कि बारिश से जहां फसलों को फायदा होगा वहीं कुछ स्थानों पर हुई ओलावृष्टि से सब्जियों सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है जिले में ओलावृष्टि से तीन दर्जेन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं